ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज केलंग और भरमौर विधानसभा क्षेत्र के किलाड़ में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम था लेकिन खराब मौसम के चलते वे इन स्थानों पर नहीं पहुंच सके हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर गगरेट विधानसभा क्षेत्र जबकि कांगड़ा से उम्मीदवार किशन कपूर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर हैं इसी तरह मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र और शिमला से सुरेश कश्यप शिमला ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में देश ने विकास की नई रफ्तार देखी है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए है पार्टी नेता व कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में एक जनसभा में कहा कि पार्टी केंद्र व राज्य सरकार की उपलिब्धयों के साथ जनता के बीच जा रही है

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कल चंबा बिलासपुर और नाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज चंबा में रैली की तैयारियों का जायजा लिया

उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश का विकास केवल कांग्रेस की ही देन रहा है इस अवसर पर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने एनडीए सरकार पर जनता से किए वायदे पूरा न करने का आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस मजबूत है और भाजपा इससे परेशान है उधर कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जबकि मंडी से प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया

इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे है

एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जनसभा में उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री के साथ कथित बदसुलूकी चिंता का विषय है और इस घटना से साफ है कि भाजपा महिलाओं को किस तरह सम्मान दे रही है

इसके लिए जिले में सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं सशस्त्र बल की एक टुकड़ी ने कुल्लू शहर सहित कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि लोग बिना किसी डर के मतदान कर सके

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल जल्द ही मनाली कसोल सैंज बंजार और आनी में भी फ्लैग मार्च करेंगे

उन्होंने पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में उनकी भूमिका की विस्तार से जानकारी दी

उधर जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर दूसरे दिन भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हुआ जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है इधर शिमला ज़िले के ऊपरी इलाकों में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है जबकि निचले ज़िलों में कही कही हल्की वर्षा का समाचार है मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट आई है जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है